भारत और सिंगापुर ने वित्तीय सेवाओं लोक प्रशासन साइबर सुरक्षा मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं ये समझौते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियेन लूंग के बीच आज सिंगापूर में उच्चस्तरीय वार्ता के बाद किए गए संयुक्त वक्तव्य में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और संबंधों को आगे ले जाने के लिए एक रोड मैप तैयार करने का फैसला किया स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग और शहरी विकास के क्षेत्र में हमारे सहयोग में अच्छी प्रगति हुई है

आज और कल हमने जो एग्रीमेंट किए हैं वे इस सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाएंगे

श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश डिजिटल वित्तीय सेवाओं में भागोदारी के लिए उत्सूक हैं डिजिटल इंडिया के तहत भारत में हम एक डेटा सेंटर पालिसी बनाएंगे आज मैं नानियांग टेक्नोलोजी यूनिवर्सिटी में अनके समझौते होते हुए देखूंगा जो कि उच्च शिक्षा साइंस और टेक्नोलोजी इनोवेशन में हमारे सहयोग को और बढाएंगे मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर युवाओं का कौशल विकास करने के निर्देश दिये हैं

श्री योगी ने कहा कि राज्य के सभी विकासखंडों में कौशल विकास की प्रभावी योजना बनानी होगी और इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद ली जा सकती है उन्होंने कहा कि ब्लाक स्तर पर कौशल विकास करने से युवाओं को रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़ कर दूर नहीं जाना पड़ेगा मुख्यमंत्री ने एक जनपद एक उत्पाद को ध्यान में रखते हुए भी कौशल विकास करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शुद्ध पेयजल पाने का सभी का अधिकार है उन्होंने कहा कि राज्य में उपलब्ध पानी का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए पेयजल आपूर्ति के संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात तथा बिहार राज्यों में पेयजल आपूर्ति का बेहतर काम हुआ है और अधिकारी इन राज्यों में पेयजल आपूर्ति का निरीक्षण कर उपयोगी पक्षों को अपने राज्य में अपनाये मुख्यमंत्री ने बुन्देलखंड के आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों तथा पेयजल की अनपलब्धता वाले क्षेत्रों का सर्वे कराकर सभी को शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये राजनाथ सिंह ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकृत विभिन्न संस्थाओं द्वारा हासिल की जा रही रकम और उसके प्रयोग की निगरानी के लिए ऑनलाइन विश्लेषण करने वाली एक प्रणाली का उद्घाटन किया

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस प्रणाली की मदद से आंकड़ों को जुटाने तथा प्रामाणिक निर्णय लेने में मदद मिलेगी केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए डेढ़ लाख मकान बनाने को मंजूरी दे दी है

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत घरेलू कामगारों को पंजीकृत न करने वाले राज्यों का अनुदान नहीं देने का निर्देश दिया है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

प्रदेश सरकार ने लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन का नाम बदल कर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन करने का निर्णय लिया है यह जानकारी लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने आकाशवाणी समाचार से एक विशेष बातचीत के दारान दी उन्होंने कहा है कि प्रदेश के अन्य जिलों में सभी मेट्रो रेल परियोजनाएं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के अधीन ही लागू की जायें गी बाइट लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन को उन्होंने रो नेम कर दिया है

उन्होंने बताया है कि चारबाग से मुंशीपुलिया और एयरपोर्ट से ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो रेल सेवाए अगले वर्ष अप्रैल तक चालू हो जायेंगी उन्होंने बताया है कि मेट्रो के काम को लेकर जो यातायात प्रतिबंध लखनऊ शहर में लागू किये गये हैं उन्हें इस वर्ष दिसम्बर तक हटा लिया जायेगा बाइट लखनऊ मेट्रो का जो अभी जो पोशन जिसमें हमारा काम चल रहा है बहुत तेजी से जो दो एंड पर है ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग ऑपरेशनल ह और ट्रांसपोर्ट नगर से एयरपोर्ट का कार्य प्रगति पर है और चारबाग से पूरा मुंशीपुलिया तक का कार्य हमाराप्रगति पर है जिसमें बीच में अंडरग्राउंड पोर्शन के तीन स्टेशन है और एयरपोर्ट पर हमारा एक अंडरग्रांड स्टेशन है

यह सारे वर्क आज की डेट में प्रोग्रेस में है

यह खत्म हो जायेंगे प्रदेश में मतदाता सूचियों का एक माह तक विशेष संक्षिप्त प्नरीक्षण का कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है

मूख्य निर्वाचन अधिकारी एलवेंकटेश्वर लू ने बताया है कि सभी जनपदों में बीएलओ तथा सुपरवाइजर को नियुक्त कर उन्हें प्रशिक्षित कर दिया गया है

प्रदेश के अधिकांश भागों में तेज गर्मी और लू का प्रकोप जारी है वहीं कई क्षेत्रों में तेज आंधी और बेमौसम वर्षा होने के चलते तापमान में काफी गिरावट आयी है जहां आंधी बारिश के चलते जन धन की हानि हुई है वहीं लोगों को इससे काफी राहत मिली है प्रदेश के पूर्वी भाग के कई क्षेत्रों में वर्षा होने से किसानों को धान की नर्सरी लगाने का मौका मिल गया है मऊ जनपद में बीती रात वर्षा के कारण तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई महराजगंज में आज सुबह तेज बारिश से मौसम सुहावना हो गया बस्ती जनपद तथा कई अन्य क्षेत्रों में आज तेज बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है वहीं किसानों ने धान की नर्सरी लगाना शुरू कर दिया है वहीं मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान सीतापुर खीरी बहराइच पीलीभीत गोंडा फैजाबाद वाराणसी चन्दौली गाजीपुर बलिया मऊ देवरिया गोरखपुर कुशीनगर महराजगंज सिद्धार्थनगर बलरामपुर श्रावस्ती तथा आसपास के क्षेत्रों में आंधी तेज हवाओं तथा गरज चमक के साथ वर्षा होने की चेतावनी जारी की केन्द्र सरकार की अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए छात्रवृति योजना बेहद लाभदायक सिद्ध हो रही है मिर्जापुर की एक छात्रा कहती है

मैने केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही रोमैत्री छात्रवृत्ति योजना में आन लाइन आवेदन किया था उक्त छात्रवृत्ति योजना में मेरा चयन हो गया

उक्त रूपयों में से आगे की पढ़ाई करना चाहती हूं केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना से हमको फायदा पहुंचा है